श्री योगी आज लखनऊ में अपने सरकारी आवास पर हुई उच्चस्तरीय बैठक में विभिन्न विभागों के कामों की समीक्षा कर रहे थे उन्होंने कहा कि धान खरीद केन्द्रों पर किसानों को सभी जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाये

महिला कल्याण से संबंधित योजनाओं और नीतियों की समीक्षा करते हुए श्री योगी ने कहा कि राज्य सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण के लिये कृत संकल्पित है और इस उद्देश्य से राज्य में अनेक कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं

मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड त्रासदी के पीड़ितों को हर संभव मदद उपलब्ध कराने का अधिकारियों को निर्देश दिया

श्री योगी ने विभागीय कामों की प्रगति की समीक्षा करते हुए कल अधिकारियों को बुनियादी शिक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार और बच्चों में लर्निंग कौशल पर केन्द्रित कार्य योजना बनाने और उसका प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन करने का निर्देश दिया है

केन्द्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि आम बजट में शामिल सुधार और पहल के जरिये देश आत्मनिर्भर बनन की दिशा में अग्रसर है उन्होंने कहा कि यह बजट कोविड की स्थिति से प्रभावित देश की अर्थव्यवस्था के विकास में आवश्यक प्रोत्साहन देगा श्रीमती सीतारामन आज लोकसभा में आम बजट पर चर्चा का जवाब दे रही थीं उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा किये गये सूधारों से भारतीय अर्थव्यवस्था आने वाले दिनों में विश्व की शीर्ष अर्थव्यवस्थाओं में से एक होगी श्रीमती सीतारामन ने विपक्षी पार्टियों के उस आरोप को खारिज कर दिया जिसमें कहा गया है कि सरकार ने इस बजट में विभिन्न योजनाओं के प्रावधानों में कटौती की है उन्होंने कहा कि बजट में किये गये प्रावधानों को गलत समझा गया ह

केन्द्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि देश में कोई भी आकाशवाणी केंद्र बंद नहीं होगा और न ही इसके स्तर को कम किया जाएगा कल लोकसभा में प्रश्नों का उत्तर देते हुए श्री जावड़ेकर ने कहा कि चूंकि कोविड ने सभी क्षेत्रों को प्रभावित किया है आकाशवाणी और एफएम रेडियो पर भी इसका असर पड़ा है श्री जावड़ेकर ने भरोसा दिलाया कि महामारी के दौरान आकाशवाणी के जिन रेडियो कार्यक्रम प्रस्तोताओं को काम पर आने की अनुमति नहीं थी उन्हें जल्द ही वापस बुलाया जाएगा

श्री सहगल आज लखनऊ में प्रेस प्रतिनिधियों से बातचीत कर रहे थे उन्होंने बताया कि कल एक दिन में कुल एक लाख सैंतालीस हजार सैम्पल की जांच की गई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

सरकार ने इस बार सदन में कागज विहीन बजट पेश करने और सदन की कार्यवाही भी कागज विहीन करने की पूरी तैयारी कर ली है इसी क्रम में सभी सदस्यों को आई पैड का तकनीकी ज्ञान प्रदान करने के लिए जरूरी प्रशिक्षण दिया जा रहा है एक रिपोर्ट संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि सदन की पेपरलेस कार्यवाही चलाने और सदस्यों को आईपैड पर सुगमता से कार्य करने के लिए प्रशिक्षण का कार्यक्रम शुरू हो गई है

उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशों के अनुसार प्रदेश विधानसभा में केंद्र की तरह इस बार पेपर लेस बजट प्रस्तुत किया जाएगा मुख्यमंत्री ने पहले ही सभी मंत्रियों को टैबलेट उपलब्ध करा चुके हैं और अब दोनों सदनों के सभी सदस्यों को टैबलेट उपलब्ध कराए जा रहे हैं एमएस यादव आकाशवाणी समाचार लखनऊ

पुलिस सूत्रों ने बताया है कि यह हादसा कल देर रात जिले के तालग्राम थाना क्षेत्र में आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर उस समय हुआ जब एक तेज रफ्तार कार सड़क पर पहले से खड़े एक ट्रक में पीछे से जा टकराई हादसा इतना भीषण था कि कार के परखच उड़ गये दुर्घटना में मौत का शिकार हुए सभी लोग बालाजी महाराज का दर्शन करने के लिये राजस्थान के मेंहदीपुर जा रहे थे सभी मृतक एक ही परिवार के थे और लखनऊ के काकोरी क्षेत्र के रहने वाले थे आज विश्व रेडियो दिवस है

इस साल के विश्व रेडियो दिवस का विषय है नई दुनिया नया रेडियो इसके तहत पूरे संकट काल के दौरान रेडियो के माध्यम से प्रदान की जाने वाली सेवाओं को सामने लाया जाएगा

पीलीभीत में एक कार्यक्रम में रेडियो प्रेमियों ने अपनी पुरानी यादे ताज़ा करते हुए कहा कि जब टेलीविजन और अखबार तक लोगों की पहुंच नहीं थी तब संचार का एकमात्र साधन रेडियो ही हुआ करता था आज भी नेपाल सीमा से सटे गांवों में रेडियो खासा लोकप्रिय है यहां ग्रामीणों के अलावा सीमा सुरक्षा के जवान भी रेडियो पर ही समाचार और गीत संगीत सुनना पसंद करते हैं अलीगढ़ में आयोजित एक कार्यक्रम में पत्रकारिता और जनसंचार से जुड़े लोगों ने रेडियो डे के अवसर पर कहा कि टेलीविजन और मोबाइल जैसे मीडिया माध्यम की मौजूदगी में रेडियो का महत्व कम नहीं हुआ है

गढ़वाल के मंडलायुक्त रविनाथ रमन ने आकाशवाणी समाचार के साथ खास बातचीत में कहा कि बचाव टीम दूसरी सुरंग में प्रवेश कर गई है और आशा की जा रही हैं कि वहां फंसे लोगों को निकालने में सफलता मिलेगी उन्होंने कहा कि राहत और बचाव कार्य लगातार चल रहा है और नदी के किनारों पर लापता लोगों की खोज भी की जा रही है राज्य सरकार ने सभी मेडिकल संस्थानो को कोविड से पूर्व की भांति सभी चिकित्सा सेवाओं को शुरू करने का निर्देश दिया है

प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी ने केन्द्रीय बजट को ग्रामीणों और किसानों के कल्याण पर आधारित बताया है श्री द्विवेदी आज बस्ती में मीडिया से बातचीत कर रहे थे